केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा देशभर से आये सुझावों के आधार पर भाजपा जल्द जारी करेगी संकल्प पत्रदेहरादून में राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस में उत्साह उत्तरकाशी में युवा संसद और निर्वाचनदेश का महात्योहार कार्यक्रम का आयोजनयुवाओं को बताई गई मतदान की अहमियत प्रदेश के कई जिलों में कल ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावनामौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

लोकतंत्र के चार अनुरोध नाम से लिखे ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपना आवेदन बूथ स्तर के अधिकारी या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन वी एस पी डॉट आई एन के माध्यम से या चुनाव कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं उन्होंने लोगों से अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है

उन्होंने मतदान के योग्य सभी युवाओं से मतदाता पंजीकरण का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि मतदान राष्ट्र के विकास में योगदान की इच्छा को प्रकट करता है इसके माध्यम से देश के लोग आपस में जुड़ते हैं और अपनी आकांक्षाएं पूरी करते हैं प्रधानमंत्री ने राजनीतिक कार्यकर्ता व्यापारी खिलाड़ी फिल्मकार मीडिया और सुबह सैर करने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे मतदाताओं में जागरूकता पैदा करें स्लग भाजपा प्रेसवार्ता भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपना संकल्प पत्र बनाने के लिए भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान को अब अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है

भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने बताया कि इस अभियान के तहत लगभग दस करोड लोगों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने और उनके विचार जानने का प्रयास किया गया प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भाजपा जीतने वाले प्रत्याशी पर ही दांव खेलेगी

इसके लिए पार्टी तैयारियों में जूटी है आज देहरादून में महानगर महिला कांग्रेस की बैठक में राहल गांधी की रैली में प्रदेशभर से पहुंचने वाली महिला कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई साथ ही विभिन्न पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि रैली में विशेषकर गढ़वाल मंडल के सभी तीन लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे कुमाऊं से भी कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की पहली जनसभा के लिए संगठन ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं

खासतौर पर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है बॉर्डर एरिया में बैरियर लगाकर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि अवैध शराब नगदी के आवागमन पर रोक और छापेमारी कर सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों और गोदामों पर भी छापामारी की जा रही है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण कुछ ब्रथों में पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है जिले के पुराने हिस्ट्रीशीटरों और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की धरपकड़ की जा रही है

इसके जरिए लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डा आशीष चौहान ने कहा कि स्वच्छ और मजबूत लोकतंत्र के लिए मताधिकार का प्रयोग जरूरी है उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी अहम है इस कार्यक्रम में युवा विद्यार्थियों के लिए निर्वाचन क्विज प्रतियोगिता के साथ ही टॉक शो रंगोली और व्यंजन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई

लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से ही हरिद्वार में राजनीतिक दल सक्रिय हो गए थे महीने भर से भाजपा के साथ ही कांग्रेस और बसपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया थे तीनों दलों के नेताओं ने कहा है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है

जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया ने बताया कि इस बार वीवीपैट के माध्यम से मतदान कराने को प्राथमिकता दी गयी है इसके अलावा वीडियो निगरानी टीम वीडियो सर्विलांस टीम सहित अन्य टीमों का गठन किया गया है मतदान में लगे कार्मिकों की सुविधा को देखते हुए इस बार रानीखेत में होने वाले मतदान प्रशिक्षण और कार्मिकों के प्रस्थान का स्थान विपिन त्रिपाठी इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट से होगा जिले में चुनाव के दौरान बाहर से आने वाले सभी वाहनों की गहनता से चौंकिग की जायेगी

स्लग मौसम प्रदेशभर में आज मौसम के करवट लेने से सुबह से ही धूप छांव का खेल जारी है चमोली जिले के निचले इलाकों में बादल छाए रहे जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान मे गिरावट आई है बदरीनाथ हेमकंड साहिब औली रुद्रनाथ रूपकंड और फूलों की घाटी सहित अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि आज कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है उन्होंने बताया कि कल प्रदेशभर में बारिश को देखते हये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है देहरादून हरिद्वार और पौड़ी में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है